प्रदेश में कोविड संक्रमण की दर दस प्रतिशत से कम हुई

अब तक पांच लाख से अधिक लोगों ने कोरोना की दी मात

सत्रह मई तक राज्यभर में धूल भरी आंधी चलने और हल्की से मध्यम बारिश का पूर्वानुमान कोविड के मामलों की संख्या बढ़ रही है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 सुरक्षा के सभी उपायों का पालन करें अठारह वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग निःसंकोच टीका लगवाएं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 मास्क पहनें दो गज दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाये रखें हाथ और मुंह साफ रखें राज्य सरकार ने अठारह से चौवलीस आयु वर्ग के लोगों के मुफ्त कोविड टीकाकरण के लिए एक हजार करोड़ रुपये का आवंटन किया है इस धनराशि से सरकारी अस्पतालों और संस्थानों में कोविड के टीके की व्यवस्था की जायेगी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता मे राज्य मंत्रिमंडल की हुई बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गयी वहीं एक अन्य फैसले में सरकार ने नव उत्तीर्ण एमबीबीएस छात्रों के लिए गांवों में सेवा देना अनिवार्य कर दिया है इसके लिए मंत्रिमंडल ने चिकित्सकों के दो हजार पांच सौ अस्सी पदों के सृजन को मंजूरी दी है संविदा पर होने वाली यह नियुक्ति राज्य के सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों से उत्तीर्ण एमबीबीएस छात्रों के लिए होगी इन चिकित्सकों को पैंसठ हजार रूपये प्रति महीने की दर से मानदेय मिलेगा सरकार के इस फैसले से ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सकों की कमी दूर होगी वहीं मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत एम्ब्लेंस की खरीद को भी मंजूरी दी योजना के तहत हर प्रखंड में दो दो एम्बूलेंस की खरीद की जायेगी एक अन्य फैसले में मंत्रिमंडल ने गरीबों को मुफ्त अनाज देने के लिए एक सौ सत्रह करोड़ रूपये मंजूर किये हैं साथ ही नियोजित शिक्षकों के दो महीने के वेतन भुगतान के लिए एक हजार सात सौ सोलह करोड़ रुपये की भी स्वीकृति प्रदान की गयी है प्रदेश में कोविड से संक्रमण की दर में लगातार कमी आ रही है स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार संक्रमण दर दस प्रतिशत से नीचे आ गयी है पिछले चौबीस घंटों के दौरान एक लाख दस हजार इकहत्तर कोविड नमूनों की जांच की गयी जिसमें दस हजार नौ सौ बीस संक्रमितों की पुष्टि हुई है पटना में लगातार तीन दिनों से दो हजार से कम मामले सामने आ रहे हैं कल एक हजार सात सौ दो मामलों की पुष्टि हुई वहीं चार अन्य जिलों से पांच सौ से अधिक मामले दर्ज किये गये हैं आठ जिलों में सौ से कम मामले सामने आये हैं पिछले चौबीस घंटों के दौरान तेरह हजार आठ सौ बावन मरीजों को छुट्टी दी गयी अब तक पांच लाख सात हजार इकतालीस मरीज स्वस्थ हो चुके हैं स्वस्थ होने की दर बढ़कर बयासी दशमलव सात सात प्रतिशत हो गयी है वहीं इसी अवधि में बहत्तर लोगों की मौत हुई है राज्य में इस वैश्विक महामारी से मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर तीन हजार तीन सौ सतावन हो गया है भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी और खान निदेशक रामेश्वर प्रसाद पांडेय का कोविड से निधन हो गया वे पिछले दिनों कोविड संक्रमित पाये गये थे वहीं सेवा निवृत्त आईएएस अधिकारी कुंवर जंग बहादुर का भी कोविड से निधन हो गया उनका पटना एम्स में इलाज चल रहा था अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स नई दिल्ली के डॉक्टर अंजन त्रिखा ने कोरोना से बचाव में दोहरे मास्क को अधिक सुरक्षित और लाभदायक बताया है

उसके ऊपर दूसरे मास्क से दोगुनी प्रोटेक्शन हो जाती है आजकल के दिनों में यह लाजमी यह माना गया है क्योंकि अब हमें पता चल गया है कि जो वायरस है यह हवा के जरिये ही हमारे अंदर घुसता है अगर हम ये दो मास्किंग लगा देते हैं तो बहुत ही कम चान्सेज है कि यह वायरस हमारे शरीर के अंदर जा सकते हैं प्रदेश में कल एक लाख छियालीस हजार चार सौ तिरानवे लाभार्थियों को कोविड से बचाव के टीके लगाये गये स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार तेरासी हजार नौ सौ उनहत्तर लोगों को टीके की पहली डोज दी गयी इनमें से अठारह से चौवालीस आयु वर्ग के उनचास हजार नौ सौ पैंतालीस लाभुक शामिल हैं वहीं बासठ हजार दो सौ चौवन लोगों को टीके की दूसरी खुराक दी गयी राज्य में अब तक चौरासी लाख आठ हजार पांच सौ सतावन लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है इधर देश में अब तक सत्रह करोड़ इक्यावन लाख लोगों को कोविड से बचाव के टीके दिये जा चुके हैं कोविड वैक्सीन बर्बादी के मामले में बिहार देशभर में पांचवे स्थान पर है स्वास्थ्य मंत्रालय के आकलन के अनुसार राज्य में पांच दशमलव दो प्रतिशत वैक्सीन बर्बाद हो रही है अठारह से चौवालीस आयु वर्ग के लोगों के टीकाकरण से पूर्व टीके की बर्बादी पांच प्रतिशत से कम थी केन्द्र ने राज्यों से कहा है कि वे गांवों में कोविड महामारी फैलने से रोकने के उपाय करें पंचायती राज मंत्रालय ने राज्यों को लिखे पत्र में कोरोना संक्रमण की प्रकृति और उससे निपटने के बारे में ग्रामीण समुदायों को जागरूक बनाने के लिए अभियान चलाने की सलाह दी है मंत्रालय ने राज्यों से कहा है कि लोग गलत मान्यताओं और निराधार बातों से भ्रमित न हों इसका विशेष ध्यान रखें राज्यों से यह भी कहा गया है कि वे पंचायत कार्यालयों स्कूलों और सुविधा कोन्द्रों जैसी संस्थाओं में सूचना प्रौद्योगिकी का लाभ उठाते हुए गांवों में कोविड जांच टीकाकरण केन्द्रों डॉक्टरों और अस्पतालों में बिस्तरों की उपलब्धता के बारे में जानकारी उपलब्ध कराएं केन्द्र ने गंगा नदी के किनारे स्थित राज्यों से कड़ी निगरानी रखकर यह सुनिश्चित करने को कहा है कि लोग नदी में शवों का प्रवाह न करें पिछले दो दिनों से बिहार और उत्तर प्रदेश में गंगा और यमुना नदियों में बहते शवों की मीडिया में आ रही खबरों पर राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के महानिदेशक राजीव रंजन मिश्रा ने जिला अधिकारियों की अध्यक्षता वाली जिला गंगा समितियों को पत्र लिखकर यह निर्देश दिया है उन्होंने यह सुनिश्चित करने को कहा कि भविष्य में इस तरह की घटनाएं न हों पत्र में कहा गया है शवों को बहाने से न केवल नदी का पानी प्रद्रषित होता है बल्कि तट पर रहने वाले समुदायों में संक्रमण फैलने का भी खतरा है उन्होंने कहा कि सभी अज्ञात शवों या संदिग्ध कोविड रोगियों के शवों का कोविड नियमों के अन्सार समूचित संस्कार किया जाना चाहिए उन्होंने चौदह दिन के भीतर इस दिशा में की गई कार्रवाई की रिपोर्ट देने को कहा है कोरोना संक्रमण को देखते हये स्प्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश के अनुरूप कम सजा वाले कैदियों को अंतरिम जमानत और पैरोल पर रिहा किया जायेगा जेल आईजी मिथिलेश मिश्र ने बताया कि पैरोल पर रिहा करने के लिए विभाग से अनुमति मांगी गयी है उन्होंने बताया कि इस बात का आकलन किया जा रहा है कि साधारण अपराध वाले कितने कैदी पैरोल पर रिहा हो सकते हैं श्री मिश्र ने बताया कि जिला और सत्र न्यायालय के स्तर पर भी अंतरिम जमानत के जरिये कैदियों को बाहर निकालने की कोशिश होगी जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व सांसद पप्पू यादव को अपहरण के बत्तीस साल पुराने एक मामले में सुपौल के वीरपुर जेल भेज दिया गया है कल पटना के मंदिरी से उन्हें गिरफ्तार किया गया था बाद में पप्पू यादव को मधेपुरा पुलिस अपने साथ मधेपुरा ले गयी जहां रात ग्यारह बजे उन्हें न्यायालय के समक्ष पेश किया गया बाद में न्यायालय ने उन्हें चौदह दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया पटना रेंज के आईजी संजय सिंह ने बताया कि पटना पुलिस ने जाप अध्यक्ष को लॉकडाउन उल्लंघन और सरकारी काम में बाधा पहुंचाने के आरोप में गिरफ्तार किया था बाद में उन्हें मधेपुरा पुलिस पूर्व के एक मामले में साथ ले गयी इस मामले में उनपर वारंट निकला हुआ था शिक्षा विभाग ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी से अपने अपने जिले के ऐसे सभी शिक्षकों का ब्यौरा मांगा है जिन्होंने अपने प्रमाण पत्रों को विभागीय पोर्टल पर अब तक अपलोड नहीं किया है प्राथमिक शिक्षा निदेशक रंजीत कुमार सिंह ने बताया कि ऐसे सभी शिक्षकों का ब्यौरा सत्रह मई तक एनआईसी की वेबसाईट पर अपलोड करने के निर्देश दिये गये हैं साथ ही इसकी एक प्रति प्राथमिक शिक्षा निदेशालय के ई मेल पर भेजने को भी कहा गया है गौरतलब है राज्य में फर्जी प्रमाण पत्र पर नियोजित शिक्षकों की जांच निगरानी जांच ब्यूरो कर रहा है अब तक एक लाख तीन हजार नौ सौ सत्रह शिक्षकों के प्रमाण पत्र निगरानी को नहीं मिले हैं प्रदेश के नियोजित शिक्षकों और प्रस्तकालयाध्यक्षों के तबादले की प्रक्रिया जून महीने से शुरू हो जायेगी शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने बताया कि तबादला के लिए साफ्टवेयर तैयार हो गया है और जल्द ही शिक्षकों से ऑनलाईन आवेदन लिये जायेंगे उन्होंने बताया कि महिला और दिव्यांग शिक्षकों को दूसरे जिलों में ऐच्छिक तबादला का लाभ मिलेगा जबकि प्रूष शिक्षकों का रिक्ति के आधार पर आपसी सहमति से ही अन्तर जिला तबादला हो सकेगा राजधानी पटना सहित प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में आज सुबह तेज बारिश हई है अभी भी कई स्थानों पर बारिश हो रही है मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ और चक्रवातीय परिसंचरण के कारण बारिश के अनुकूल स्थितियां बनी हुई हैं मौसम वैज्ञानिक पंकज कुमार ने बताया कि बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी के असर से सत्रह मई तक राज्य के विभिन्न हिस्सों में धूल भरी आंधी चलने के साथ ही हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है

अठहत्तर वर्षीय रामचन्द्र सिंह पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे उनके निधन पर औरंगाबाद के सांसद सुशील कुमार सिंह समेत विभिन्न राजनीतिक दल के नेताओं में गहरी संवेदना जतायी है इधर पटना मध्य के पूर्व विधायक सैयद अकील हैदर का कल निधन हो गया उनके निधन पर कांग्रेस समेत विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने गहरा शोक व्यक्त किया है पूर्व मध्य रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए दानापुर दरभंगा और भागलपुर से समर स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है इन ट्रेनों का परिचालन कल से अठारह मई के बीच अलग अलग तिथियों को होगा रोहतास जिले के संझौली थाना क्षेत्र अन्तर्गत सिकठी गांव के पास सड़क दुर्घटना में मोटरसाईकिल सवार चार लोगों की मौत हो गयी सुपौल जिले के भपटियाही थाना क्षेत्र में अपराधियों ने एक निजी फाइनांस कंपनी के कर्मचारी को गोली मारकर एक लाख बीस हजार रूपये लूट लिये अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने कोविड और राज्य मंत्रिमंडल के फैसलों से जुड़ी खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है हिन्दुस्तान की सुर्खी है गांव में संविदा पर बहाल होंगे दो हजार पांच सौ अस्सी डॉक्टर दैनिक जागरण ने लिखा है कोरोना की दूसरी लहर थमने के संकेत प्रभात खबर लिखता है राज्य में सात दिनों में चार दशमलव तीन चार प्रतिशत बढ़ी रिकवरी रेट दैनिक भास्कर की सुर्खी है बत्तीस साल पुराने अपहरण के केस में पप्पू यादव गिरफ्तार दैनिक आज ने लिखा है पौने तीन लाख शिक्षकों के वेतन के लिए एक हजार सात सौ सोलह करोड़ रूपये स्वीकृत राष्ट्रीय सहारा ने केन्द्र सरकार द्वारा टीके की दूसरी खुराक को प्राथमिकता देने के निर्देश को पहले पन्ने पर स्थान दिया है

प्रदेश में कोविड संक्रमण की दर दस प्रतिशत से कम हुई

अब तक पांच लाख से अधिक लोगों ने कोरोना की दी मात

सत्रह मई तक राज्यभर में धूल भरी आंधी चलने और हल्की से मध्यम बारिश का पूर्वानुमान